प्रदेश के कुछ स्थानों पर ताज़ा बर्फबारी से शीतलहर बढ़ी शिमला में भी हुआ हल्का हिमपात राज्य सरकार ने बर्फबारी से अवरूद्व सड़कों बिजली व पेयजल योजनाओं की जल्द बहाली के दिए निर्देश मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगामी आम चुनाव के लिए युवाओं से मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने का आग्रह किया है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोगों को अपने मतदान की ज़िम्मेदारी के महत्व को समझना होगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास में कार्यक्रम को सुना इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन जबकि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला ग्रामीण के चलाहल थाची में कार्यक्रम सुना

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे इसे लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

सम्मेलन को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और सांसद अनुराग ठाकुर भी संबोधित करेंगे इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्रमल सांसद शांता कुमार राम स्वरूप शर्मा और वीरेन्द्र कश्यप सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे जनमंच कांगड़ा ज़िले के सुलह क्षेत्र के नौरा में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनमंच को आम नागरिकों के लिए वरदान बताया परमार ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि जनमंच में आने वाली समस्याओं के निपटारे पर संबंधित विभाग के मंत्री स्वयं नजर रखेंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ मज़बूती से खड़ी है और हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है मौसम प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है इससे राज्य में शीतलहर बढ़ गई है किन्नौर चम्बा और कुल्लू ज़िलों के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है जबकि राज्य के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं वर्षा का समाचार है

छितक्ल पंचायत के उपप्रधान अरविन्द नेगी के अनुसार भारी बर्फबारी के बाद क्षेत्र में लोगों को पशु चारे की कमी का सामना करना पड़ रहा है उधर लाहौल स्पीति ज़िले में कड़ाके की ठण्ड के चलते लोगों को भारी असुविधा हो रही है

इधर राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में आज दोपहर बाद बर्फ के फाहे गिरे

उधर शिमला ज़िले के दूरदराज़ क्षेत्र क्वार में पिछले एक सप्ताह से बिजली पानी और संचार व्यवस्था ठप्प है इलाके में करीब एक दर्जन मरीज़ फंसे हैं और स्थानीय लोगों ने सरकार से क्षेत्र के लिए जल्द हैलीकॉप्टर उड़ान करवाने की मांग की है

निर्देश इस बीच राज्य सरकार ने अवरूद्व सड़कों विद्युत आपूर्ति और पेयजल योजनाओं की शीघ्र बहाली के निर्देश दिए हैं एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि राजस्व व लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार स्थिति का अनुश्रवण कर रही हैं

किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है इसके तहत मैडिकल और इंजीनियरिंग सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए एक लाख रूपए दिए जाएंगे

बाद में उन्होंने खन्यारा में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि मैडिकल और नॉन मैडिकल अध्यापकों की भर्ती कर राज्य में विज्ञान शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा शिमला ज़िले के राजकीय विद्यालय चलाहल थाची के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अन्य पदों पर भी भर्तियों का क्रम जारी है भारद्वाज ने स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है नाहन में आज महिला सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं के आत्म सम्मान में वृद्धि के लिए अनेक कारगर कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान और समुचित अवसर प्रदान किए हैं राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने समाज में फैले नशे अज्ञानता और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए बच्चों में आर्य समाज के संस्कार देने की आवश्यकता पर बल दिया है वे आज हरियाणा के रोहतक में आर्य महासम्मेलन में बोल रहे थे राज्यपाल ने कहा कि वेद प्रचार और युवा कार्यकर्ताओं को आर्य समाज से जोड़ने की दिशा में कार्य करना समय की मांग है ताकि वेदों और स्वामी दयानन्द सरस्वती की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके

इन घटनाओं में दो लोग भी घायल हुए हैं पहली दुर्घटना मनाली के बाहंग स्थान पर मज़दूरों के ढारे में आग लगने से हुई जबकि अन्य दुर्घटना में आनी के शोधा गांव में एक रिहायशी मकान जलकर राख हो गया